और गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ बावनवां प्रकाश पर्व शुरू

सीबीआई निदेशक की चयन संबंधी समिति ने श्री वर्मा को बुधवार रात उनके पद से हटाने का निर्णय लिया था जिसके बाद सरकार ने उन्हें अग्निशमन सेवा सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स का महानिदेशक नियुक्त किया था उन्होंने पदभार ग्रहण करने से इंकार करते हुए कार्मिक मंत्रालय के सचिव को भेजे गये इस्तीफे में कहा कि उन्हें आज से ही सेवानिवृत माना जाये उन्होंने कहा है कि चयन समिति ने निर्णय लेने से पहले उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया श्री वर्मा ने कहा कि स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचायी गयी और समूची प्रक्रिया को उलट दिया गया जिससे कि उन्हें सीबीआई निदेशक के पद से हटाया जा सके भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है वे आज नई दिल्ली में पार्टी के दो दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे श्री शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के विकास कार्यक्रमों को मतदाताओं के पास लेकर जाएं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं उन्होंने कार्यकर्ताओं से देश भर में पार्टी की उपस्थिति का विस्तार करने को भी कहा श्री शाह ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को मुगमरीचिका करार देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चूनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा देशभर से करीब बारह हजार प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आगामी आम चुनाव को देखते हुए पार्टी के इस अधिवेशन का विशेष महत्व है इसके अंत में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है केन्द्र सरकार ने पटना मुजफ्फरपुर और गया सहित देश के एक सौ दो शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम एनसीएपी शुरू किया है

इस कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्ष में देश के प्रदूषित शहरों में वायु प्रद्षण में बीस से तीस प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य है गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में देश के सबसे अधिक नौ प्रदूषित शहरों में पटना गया और मुजफ्फरपुर को भी शामिल किया गया था यह रिपोर्ट पिछले वर्ष मई में जारी की गयी थी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सवर्ण गरीबों के लिये आरक्षण की व्यवस्था को एक साहसिक कदम बताते हुए कहा है कि इससे देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा और मजबूत होगी आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में श्री पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है उन्होंने कहा कि इससे किसी भी वर्ग के आरक्षण को नुकसान नहीं होगा श्री पासवान ने कहा कि विधेयक का विरोध करने वाले दलों को लोग आने वाले चुनाव में जवाब देंगे उन्होंने कहा कि राजद ने इस बिल का विरोध कर अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है राजद के वरिष्ठ नेता जागेश्वर राय आज अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गये जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने श्री राय को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवायी बाद में उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद वंशवाद के प्रतीक बन चुके हैं पूर्वी चंपारण जिले के राजेपूर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने कुख्यात सरोज राय गिरोह के तीन अपराधियों को एके सैंतालीस राईफल के साथ गिरफ्तार किया है ये गिरफ्तारी सीतामढ़ी जिले के महिंदबारा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक निर्माण कंपनी के मुंशी की हत्या के सिलसिले में की गयी है सीतामढ़ी के एएसपी अभियान विजय शंकर ने बताया कि इस बात की जांच चल रही है कि अपराधियों के पास एके सैंतालीस राईफल कहां से आया निगरानी जांच ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के दो अभियंताओं को अस्सी हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है पटना के पालीगंज कार्य प्रमंडल में पदस्थापित कनीय अभियंता नवाब लाल और सहायक अभियंता गोरेलाल पासवान एक संवेदक से मापी पुस्तिका तैयार करवाने के एवज में घूस ले रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज पांचवें दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप हैं छात्रों ने कई वार्डो में तालाबंदी भी कर दी है हड़ताली छात्र अपना परीक्षा केन्द्र मुजफ्फरपुर के बदले दरभंगा किये जाने की मांग कर रहे हैं आंध्रप्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली मछलियों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर चौदह जनवरी को फैसला किया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी दी गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ बावनवां प्रकाश पर्व आज से शुरू हो गया है प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिए देश विदेश से सिख श्रद्धालुओं के पटना आने का सिलसिला जारी है कल प्रभातफेरी के बाद दोपहर दो बजे गायघाट से नगर कीर्तन निकलेगा जो अशोक राजपथ होते हुए रात में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचेगा तेरह जनवरी को मुख्य समारोह होगा प्रकाशोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं

पूरे पटना साहिब में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं साथ ही वाच टावर के माध्यम से भीड़ की निगरानी की व्यवस्था की गयी है प्रकाशोत्सव को देखते हुए गंगा नदी पर बने पीपा पुल पर वाहनों के परिचालन पर तेरह जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गयी है इसके साथ ही चौदह जनवरी की रात बारह बजे तक पटनासिटी में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले के राजगीर में गुरूनानक शीतल कुंड में गुरुद्वारे का शिलान्यास किया दस करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस गुरुद्वारे का निर्माण कार्य इस साल अक्टूबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से तेरह जनवरी तक चलने वाला बौद्ध महोत्सव श्रू हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया इसमें देश विदेश के बौद्ध भिक्षू शामिल हो रहे हैं राज्य सरकार ने इक्कीस अंचलाधिकारियों का तबादला कर दिया है इस संबंध में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज धूप खिली रहने से लोगों को दिन में ठंड से राहत मिली पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा अगले चौबीस घंटों के मौसम पूर्वानुमान में पटना गया भागलपुर और पूर्णियां में सुबह के समय हल्का कोहरा छाये रहने की संभावना है आकाशवाणी के समाचारों में मोबाइल पत्रकारिता के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया आकाशवाणी पटना क्लब में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए आकाशवाणी पटना के उप महानिदेशक वेद प्रकाश ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता के लिए मोबाइल एक सशक्त माध्यम बना है काठमांडू में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता राजकुमार ने कहा कि मोबाइल के नये तकनीकों का इस्तेमाल कर समाचार संकलन और संप्रेषण को और प्रभावी बनाया जा सकता है कार्यशाला को पत्र सूचना कार्यालय पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने भी संबोधित किया विधान परिषद् के सदस्य ख्र्शीद मोहम्मद मोहसिन का आज निधन हो गया उनके निधन पर विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि में फेरबदल किया है

गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के पसेबा मोहल्ला स्थित एक गैस एजेंसी से अपराधियों ने साढ़े तीन लाख रूपये लूट लिये पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र अंतर्गत नदवां गांव में पूलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति के घर से अवैध हथियार और सात लाख रूपये नकद बरामद की है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बाथनकुटी गांव से पुलिस ने दो सौ कार्टन शराब बरामद की है मौके से हरियाणा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मुंगेर में रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ के निर्माण के लिए चौवालीस एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है

तेरह जनवरी को होगा मुख्य समारोह